मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की व्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए एथेनॉल खरीद प्रणाली को मंजूरी दे दी है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पहले देशभर में एथेनॉल का एक ही दाम हुआ करता था लेकिन अब इसके अलग अलग दाम होंगे शीरे से बने एथेनॉल के नए दाम बासठ रूपये पैंसठ पैसे प्रति लीटर होंगे मंत्रिमंडल ने पैकेजिंग में जूट के बोरों के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल के नियमों के विस्तार को भी मंजूरी दी है इस बारे में श्री जावड़ेकर ने बताया कि अनाज की शत प्रतिशत पैकेजिंग जूट के बोरों में करनी होगी जबकि चीनी के मामले में बीस प्रतिशत को ही जूट के बोरों में पैक करना अनिवार्य होगा कृषि मंत्री बयान इस बीच छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा जूट बारदाने के इस्तेमाल को अनिवार्य करने के बाद अब केन्द्र द्वारा बारदाना उपलब्ध कराए जाने के बाद ही राज्य में धान खरीदी हो सकेगी उन्होंने कहा कि बारदाने की व्यवस्था नहीं होने पर धान खरीदी में देरी होगी कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में धान खरीदी के लिए चौदह लाख गठान बारदाने की जरूरत है वहीं श्री चौबे ने यह भी बताया कि दो नवंबर को आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और बारदाने की व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी धान मक्का पंजीयन राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का को बेचने के लिए किसान अब दस नवंबर तक पंजीयन करा सकेंगे पहले पंजीयन की अंतिम तिथि इकतीस अक्टूबर थी कोरबा जिले में अब तक तीन हजार दो सौ से अधिक नये किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है गौरतलब है कि धान और मक्का बेचने के लिए पुराने पंजीकृत किसानों को फिर से पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है वहीं जिले में बारह पुराने और दो नये धान उपार्जन उप केन्द्रों को सहकारी समिति का दर्जा दे दिया गया है राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन की प्रक्रिया में इन केन्द्रों को सहकारी समितियों का दर्जा मिलने से स्थानीय किसानों को फसल बेचने में आसानी होगी केन्द्र स्पष्टीकरण केन्द्र सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बचत खातों से धन निकालने और जमा करने पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि बैंकों ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद हैं कि बैंक में जन धन खातों से नकदी निकालने पर सौ रूपये का शुल्क लगेगा मरवाही उपचुनाव मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान अब अपने चरम पर पहुंच गया है इस उपचुनाव के लिए तीन नवंबर को मतदान होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पेण्ड्रा में रोड शो किया वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं ने आज पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में अनेक स्थानों में जनसंपर्क करते हुए सभाओं संबोधित किया वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी पार्टी को भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनावी सभाएं लीं इस बीच स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि मतदान के लिए बैंकों और डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक को भी पहचान पत्र के रूप में मान्य किया जाएगा निर्वाचन आयोग ने सुगम मतदान सुनिश्चित करने के लिए पहचान पत्र के तौर पर मतदाता फोटो परिचय पत्र सहित बारह दस्तावेजों को मान्य किया है वहीं इस उपचुनाव के लिए मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में जारी किए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा इस बीच मरवाही उपचुनाव के लिए सभी सेक्टर अधिकारी और सहायक सेक्टर अधिकारियों को मतदान पूर्व प्रशिक्षण दिया गया रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मास्टर ट्रेनरों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया और सेक्टर अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के जरूरी निर्देशों से अवगत कराया मास्टर ट्रेनरों ने कोरोना संक्रमण से बचाव सुनिश्चित कराने के लिए ईव्हीएम मशीनों को बिना ग्लब्स के नहीं छूने के निर्देश दिए हैं ई मेगा शिविर आम नागरिकों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कल इकतीस अक्टूबर को जिला न्यायालय रायपुर परिसर में ई मेगा विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा यह छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और जिला विधिक शिविर सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है इसकी तैयारियों के सिलसिले में जिला न्यायाधीश रामकुमार तिवारी और जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बैठक ली आयोजन के प्रारंभिक सत्र का सीधा प्रसारण हाईकोर्ट बिलासपुर से होगा राज्य स्तरीय इस आयोजन का उद्घाटन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा करेंगे इसके बाद जिला न्यायालय में होने वाले आयोजन का प्रसारण भी ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा रायपुर जिले के अधीनस्थ न्यायालयों के साथ ही करीब सौ स्कूलों में भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा शिविर में सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत चयनित हितग्राहियों को तत्काल लाभ दिलाया जाएगा शिविर में मनरेगा मजदूरी भुगतान आय जाति और निवास प्रमाण पत्र के साथ राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण किया जाएगा साथ ही महिला और बाल विकास विभाग द्वारा पीड़िता क्षतिपूर्ति राशि छात्र दुर्घटना बीमा योजना छात्रवृत्ति वितरण और पेंशन प्रकरणों के अलावा दिव्यांगों को सहायक उपकरणों का भी वितरण किया जाएगा इस मौके पर सद्भावना सीरीज का विमोचन होगा जिसके माध्यम से अंध बधिर निःशक्तजनों के लिए विभिन्न आवश्यक कानूनों पर तैयार वीडियो की श्रृंखला उपलब्ध कराई जाएगी

इन माओवादियों पर लूटपाट और हत्या जैसे कई गंभीर वारदातों में शामिल रहने का आरोप है जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इन माओवादियों को नैमेड़ थाना क्षेत्र के भैरमगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया है वहीं इसी जिले में माओवादी मिलिशिया कमांडर सुखराम ओयाम ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है इस माओवादी ने पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया कोकीन गिरोह राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ जारी पुलिस के अभियान को बड़ी सफलता मिली है रायपुर पुलिस ने कोकीन की सप्लाई करने वाले एक नाइजीरियन नागरिक को मुंबई से गिरफ्तार किया है इससे पहले नशे का कारोबार करने के आरोप में रायपुर से गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों ने पूछताछ में कई बड़े नामों का खुलासा किया था जिसके बाद पुलिस की एक विशेष टीम मुंबई भेजी गई थी जहां से इस नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया है यह आरोपी मुंबई के नाला सुपारा इलाके का रहने वाला है और यह रायपुर में कोकीन की सप्लाई करता था इस तरह पुलिस नशे के मामले में अब तक एक महिला सहित कुल पंद्रह आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस ने ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया है

यह दिन देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में कल आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण भी किया जाएगा सरदार पटेल एकता के वाहक कार्यक्रम का प्रसारण कल सुबह साढ़े दस बजे से होगा जिसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे इस विशेष कार्यक्रम को समाचार सेवा प्रभाग नई दिल्ली ने तैयार किया है इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें नमन किया है उन्होंने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अग्रणी भुमिका थी वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में बलौदाबाजार और बालोद में आज पुलिस विभाग द्वारा सद्भावना एकता दौड़ का आयोजन किया गया कांग्रेस किसान अधिकार दिवस प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को कल किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा कांग्रेस की ओर से जारी एक बयान के अनुसार कल सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में सत्याग्रह किया जाएगा सत्याग्रह में शामिल होकर कांग्रेस पदाधिकारी केन्द्र सरकार से कृषि संशोधन विधेयकों को वापस लेने की मांग करेंगे मिलाद उन नबी पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोंविद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडु ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी हैं वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि यह दिन सारी दुनिया में करुणा और भाइचारे को बढावा देगा इधर मिलाद उन नबी के मौके पर आज राज्य की सभी प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की धमतरी और बालोद सहित अन्य स्थानों में इस मौके पर जुलूस भी निकाला गया कोरोना समाचारजागरूकता यूनिसेफ की छत्तीसगढ़ इकाई की ओर से लोगों को आगाह किया गया है कि वे प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचाव के लिए काफी सतर्कता बरतें यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ हेड जॉब जकारिया ने कहा है कि देश के दूसरे राज्यों और यूरोप की तरह कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचाव के लिए सभी को एहतियात बरतना होगा यूनिसेफ में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ श्रीधर र्यावांकी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद लोगों द्वारा बचाव संबंधी नियमों की अनदेखी चिंताजनक है उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इलाज में लापरवाही न बरतें और लक्षण नजर आते ही तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कपड़े के मास्क के इस्तेमाल के बाद इसकी समुचित सफाई जरूरी है इसे साबुन गर्म पानी और कीटाणुनाशक से धोकर तथा धूप में अच्छी तरह सूखाकर ही दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए वहीं जो व्यक्ति सर्जिकल मास्क का उपयोग करते हैं वे ध्यान रखें कि यह मास्क करीब चार पांच घंटे तक ही प्रभावी रहता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुसार मास्क का इस्तेमाल ही कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है इधर धमतरी जिले की डोमा ग्राम पंचायत में कोरोना जागरूकता पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया जिला रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से यह नुक्कड़ नाटक बाजार चौक और बस स्टैण्ड में आयोजित किया गया इस बीच छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि पद्मश्री सुरेन्द्र दुबे ने भी लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए इच्छुक उम्मीदवार इंस्टीट्यूट के रायपुर स्थित सिटी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं मौसम मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस समय लगातार शुष्क हवाएं आ रही हैं इस कारण न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट होने की संभावना है कल प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रीमती गांधी को विनम्र श्रद्वांजलि अर्पित की है

इस दौरान वे जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे

उनका कार्यकाल एक वर्ष का होगा

इस संबंध में उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बिलासपुर को पत्र लिखा है